स्लग कैबिनेट बैठक प्रदेश कैबिनेट ने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के ईको सेंसेटिव जोन में संशोधन करते हुए कई गांवों को ईको सेंसेटिव जोन से बाहर निकाले जाने को मंजूरी दी है देहरादून में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इको सेसेटिव जोन में भी संशोधन किया गया है नंधौर से तीन गांवों को सेसेंटिव जोन से बाहर निकाला गया है

कैबिनेट बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए

राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि गन्ने के उत्पादन और पेराई में काफी अंतर होने की वजह से ये फैसला लिया गया है

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को श्रद्वांजलि दी साथ ही आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को याद किया गया

स्लग कश्मीर में शांति जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव और राज्यपाल के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है आज श्रीनगर में उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाये जाने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है रोहित कंसल ने कहा कि जहां एक ओर जम्मू क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं है वहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों में प्रतिबंध जारी है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का अभ्यास चल रहा है श्री कंसल ने उम्मीद जताई की यह समारोह धूमधाम से मनाया जायेगा राज्य के प्रवक्ता ने कहा कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और जरूरी दवाइयां पहुंचाई गई हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी लोगों को जरूरी चिकित्सा उपलब्ध कराने पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं विमान सेवाओं के बारे में उन्होंने कहा कि ये सामान्य रूप से चल रही हैं कंसल ने कहा कि सरकार ने फर्जी ट्वीटर खातों का पता लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है

उन्होंने यह भी कहा कि घाटी में थलसेना लोगों के साथ बिना हथियारों के सम्पर्क करती रही है और यदि सबकुछ सामान्य रहा तो फिर से ऐसा होगा स्लग देशभक्ति गीत सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में देशभक्ति गीत वतन जारी किया यह विशेष गीत दूरदर्शन ने तैयार किया है

इसमें सशस्त्र बलों की वीरता और देश के शहीदों को श्रद्वांजलि भी दी गई है श्री जावडेकर ने इस अवसर पर दूरदर्शन और प्रसार भारती को इस गीत को तैयार करने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये गीत लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा बॉलीवुड गायक जावेद अली द्वारा गाये गये इस गीत को आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और संगीत दुष्यंत का है इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से किया जाएगा स्लग मैन वर्सेज वाइल्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिस्कवरी चौनल पर सोमवार को प्रसारित हुए मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम में बेयर ग्रिल्स के साथ नजर आये प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें बेयर ग्रिल्स के इस महत्वपूर्ण साहसिक शो में दुनिया ने देखा है

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस कार्यक्रम को देखा उन्होंने कहा कि दुनिया के इस विशिष्ट एडवेंचर शो के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कॉर्बेट नेशनल पार्क का चुनाव करना राज्य के व्यापक हित में है उन्होंने कहा कि इससे दुनिया में प्रदेश के नैसर्गिक सौन्दर्य और जैव विविधता को पहचान मिलेगी जो पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान करेगा मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री की इस पहल से वन्यजीवों और विशेषकर बाघ संरक्षण को बड़ी मदद मिलेगी साथ ही इससे प्रकृति और जैव विविधता को संरक्षित करने का भी सन्देश देश दुनिया में जायेगा मैन वर्सेज वाइल्ड एपिसोड तैयार करने वाले बेयर ग्रिल्स ने भी उत्तराखण्ड के नैसर्गिक सौन्दर्य की सराहना करते हुए फिल्मांकन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिखाये गये अदम्य साहस को सराहा है उनका कहना है कि शूटिंग वाले क्षेत्र में पग पग पर जंगली जानवरों आदि का खतरा था पार्क के पथरीले घने जंगलों का और नदियों व झीलों का निडरता से सामना करना श्री मोदी की दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति का भी परिचायक है उन्होंने कहा कि श्री मोदी से मिलना और उनके साथ यह अनोखा साहसिक एपिसोड तैयार करना उनके जीवन की भी महत्वपूर्ण घटना बन गई है

बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है कई जिलों में अब भी कई संपर्क मार्ग बाधित हैं

उधर चमोली में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने घाट विकासखंड के आपदा प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया उन्होंने प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि के चौक वितरित किये और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया

इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है रुद्रपुर में भी बाजार रंगबिरंगी राखियों से सज गया है हमेशा की तरह इस बार भी भाई की कलाई में सजने के लिए तरह तरह की राखियां बिक रही हैं बाजार में कार्टून कैरेक्टर गुदगुदी स्केल राखियां राजस्थान की मोरपंखी वाली राखियां टेडी बियर चॉकलेट लगी राखियां जैसी कई वैरायटी की राखियां उपलब्ध हैं भाई भाभी राखी चूड़ा राखी कलकत्ता राखी लुम्बा राखी और क्रिस्टल राखियां भी पसंद की जा रही हैं

प्रदेश के अन्य शहरों गांवों और कस्बों में भी लगभग सभी छोटी बड़ी दुकानों में खूबसूरत राखियां देखने को मिल रही हैं जिनकी खूब बिक्री हो रही है स्लग उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से विभाग द्वारा बिजली के बिलों का न्यूनतम भुगतान लेने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की कोर्ट ने याचिकर्ता से दस दिन के भीतर प्रति शपथ पत्र पेश करने को कहा है आज सुनवाई के दौरान पावर कारपोरेशन द्वारा विस्तृत जवाब पेश करने के बजाय संक्षिप्त शपथपत्र पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि जनहित याचिका में उठाये गए सभी बिंदु निराधार है जवाब में याचिकर्ता ने कहा कि उन्होंने जिन बिन्दुओं पर जनहित याचिका दायर की है वे आंकड़े उनको आरटीआई में दिए गए हैं उन्होंने अपनी याचिका में करीब तीन सौ कर्मचारियों के बिल लगाये हैं जो न्यूनत बिल भुगतान करते हैं जबकि उनका महीने का बिल हजारों रूपये में आता है जिसका बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में कई अधिकारियों के घर बिजली के मीटर तक नहीं लगे हैं और जहां लगे हैं वे खराब स्थिति में हैं